कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा है कि पुलवामा आतंकी हमले के बारे में उनकी पार्टी पूरी तरह सरकार और देश के सुरक्षाबलों के साथ है नई दिल्ली में श्री गांधी ने कहा कि इस प्रकार की हिंसा अत्यंत घृणित है

आज सुबह नई दिल्ली में प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की सुरक्षा संबंधी मामलों की समिति की बैठक में यह फैसला किया गया

बैठक में आतंकी हमले और उसके बाद की सुरक्षा स्थिति का विस्तार से जायजा लिया गया श्री जेटली ने कहा कि गृहमंत्री राजनाथ सिंह के श्रीनगर से लौटने के बाद सर्वदलीय बैठक बुलाई जायेगी इस बीच श्री राजनाथ सिंह श्रीनगर पहुंच गये हैं गृहमंत्री ने कल शहीद हुए सीआरपीएफ जवानों की पार्थिव देह पर प्रष्पचक अर्पित किए वे वरिष्ठ सुरक्षा और पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे और अगली रणनीति की समीक्षा करेंगे मंत्रालय ने घातक हमर्ल की जांच के लिये राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए और फॉरेंसिक विशेषज्ञों की टीम भेजी है

इनमें जयपुर जिले के शाहपुरा तहसील के गोविंदप्रा बासडी के रोहिताश लांबा कोटा जिले के सांगोद क्षेत्र के विनोद कला गांव के हेमराज मीणा धौलपुर जिले की राजाखेड़ा तहसील के जेतपुर के भागीरथ कसाना राजसमंद जिले के बिनोल गांव के नारायण गुर्जर और भरतपुर जिले के नगर के सुंदरावली गांव के जीतराम शामिल हैं पूरे प्रदेश में जगह जगह शहीदों के सम्मान में श्रद्वांजलि कार्येकम आयोजित किए गए

बीकानेर में शहीद स्तम्भ पर मोतबत्ती जलाकर शोक प्रकट किया गया बांसवाडा में स्कूली छात्रों ने भी शहीदों के सम्मान में मौन रखा

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जम्मू कश्मीर के पुलवामा में कल हुए आतंकवादी हमले की कड़ी निंदा की है मुख्यमंत्री ने कहा कि ऐसी घटनाओं से आतंकवाद के खिलाफ लडाई की भारत की प्रतिबद्वता कम नहीं होगी उन्होंने हमले में अपने जीवन का सर्वोच्च बलिदान देने वाले केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के बहाद्र जवानों की शहादत को नमन करते हुए उनके परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की हमले को निंदा करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने टवीट किया कि जवानों की शहादत से हमारी आंखे नम हैं लेकिन उनके शौर्य पराकम तथा बलिदान ने हर हिंदुस्तानी को गर्व से भर दिया है

श्री जावडेकर ने आज चित्तौड़गढ में पुलवामा आतंकी हमले में शहीद हुए जवानों को श्रद्वांजलि देने के लिए आयोजित कार्यक्रम में कहा कि इस कायरतापूर्ण कार्यवाही का कड़ा जवाब दिया जाएगा

मंत्रालय ने सभी चैनलों से किसी भी ऐसी सामग्री के बारे में विशेष रूप से सावधानी बरतने को कहा है जिससे हिंसा भड़क सकती हो या उसकी विषय वस्तु कानून व्यवस्था के खिलाफ हो गौरतलब है कि जैश ए मोहम्मद आतंकवादी संगठन ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है

इस आंदोलन के चलते कई रेल और सड़क मार्ग बेद हैं वहीं गतिरोध को खत्म करने के लिए सरकार की ओर से पर्यटन मंत्री विश्वेन्द्र सिंह और आरक्षण संघर्ष समिति के प्रतिनिधियों के बीच सवाईमाधोप्र के मलारना ड्गर में बैठक चल रही है

न्यायमूर्ति ए के सीकरी न्यायमूर्ति अब्दुल नजीर और न्यायमूर्ति सुभाष रेड्डी की पीठ ने यह भी निर्देश दिया कि मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति की प्रक्रिया मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति की प्रक्रिया के समान होनी चाहिए पीठ ने केन्द्र से यह भी कहा है कि इस पद पर नौकरशाहों के अलावा प्रतिष्ठित नागरिकों की नियुक्ति पर भी विचार करे

सभी घायलों को धौलपुर के सरकारी अस्पताल में भर्ती करोया गया है

अजमेर क्षेत्र के अधीन राजस्थान मध्यप्रदेश गुजरात दादर नगर हवेली क्षेत्र के डेढ़ लाख से ज्यादा विद्यार्थी परीक्षाएं दे रहे है

पहली बार केंद्रीय बोर्ड की परीक्षा फरवरी में आयोजित होने जा रही है

एक पारी वाले स्कूल सुबह दस बजे से शाम चार बजे तक चलेंगे दो पारी वाले स्कूलों का समय साढे सात से दोपहर एक बजे तक यथावत रहेगा माध्यमिक शिक्षा निदेशक ने इस संबंध मे आदेशे जारी किये है

वे आज जयपुर में सम्पन्न राजस्थान रिकल एण्ड एच आर कॉनक्लेव में बोल रहे थे उन्होने कहा कि निजी सार्वजनिक और सरकारी तीनों क्षेत्र समन्वय स्थापित कर कार्य करें जिससे रोजगार के अधिक अवसर सुलभ हो सके

माउंटआबू सीकर और श्रीगंगानगर को छोडकर आज अधिकांश स्थानों पर न्यूनतम तापमान दस डिग्री सैल्सियस से ऊपर दर्ज किया गया